स्पूतनिक फाइव वैक्सीन की डेढ़ लाख डोज भारत पहुंची

सरकार ने लोगों से इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाने की अपील की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

झारखंड में कोविड संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल परगना प्रमंडल और पलामू प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ वर्चअल बैठक कर रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र के जवाब में श्री ठाकुर ने कोविड महामारी से निपटने के लिए केन्द्र के उपायो का विस्तृत ब्यौरा दिया

विभिन्न सैनिक अस्पतालों में करीब सात सौ बिस्तर गैर सैन्य कर्मियों के उपयोग के लिए अलग रखे गए हैं

कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के बीच नए मामले सामने आने के बाद भी एक करोड़ छियासी लाख इकहत्तर हजार से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटो में तीन लाख तिरपन हजार लोग स्वस्थ हुए भारत में स्वस्थ होने की दर बढकर बेयासी दशमलव तीन आठ प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस समय देश में सैंतीस लाख पैंतालीस हजार से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है यह संख्या कुल संक्रमित लोगों का सोलह दशमलव पांच दो प्रतिशत है देश में सक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है और अब ये संख्या दो करोड़ छब्बीस लाख बारसठ हजार पांच सौ पचहत्तर हो गई है

इसके साथ ही देश में महामारी से मरने वालों की संख्या दो लाख छियालीस हजार से अधिक हो गई है

एक करोड़ उनतालीस लाख से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर पहली और सतहत्तर लाख से अधिक दूसरी डोज ले चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में छह लाख नवासी हजार से अधिक लोगों को वैक्सीन दी गई

देश में अब तक इस आयु वर्ग के बीस लाख उनतीस हजार से अधिक लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं

इस सिलसिले में सिरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की एक लाख डोज की खेप झारखंड को दी है राज्य में इस उम्र के लोगों के लिए दो लाख चालीस हजार वैक्सीन मौजूद है जबकि एक करोड़ संतानबे लाख लोगों को वैक्सीन दिया जाना है

टीकाकरण के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पास अर्ब भी एक करोड़ से अधिक कोविड टीके मौजूद हैं राज्य वैक्सीन की अधिक खपत दिखा रहे हैं जबकि बर्बाद हए टीकों को नहीं दर्शाया जा रहा है साथ ही सशस्त्र सेनाओं को प्रदान किए गए टीकों को भी शामिल नहीं किया गया है

उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में केन्द्र ने कहा है कि सरकार की कोविड वैक्सीन नीति तत्काल मध्यम अवधि और दीर्घावधि जरूरतें पूरी करने की दृष्टि से तैयार की गई है हलफनामे में कहा गया है कि मध्यम से दीर्घ अवधि के लिए वैक्सीन की कीमत तय करना महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रयास कर रही है कोविड से संबंधित मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान से लिये गये मामले में केन्द्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है

समिति में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान कोलकाता के पूर्व क्लपति भबतोष विश्वास सर गंगा राम अस्पताल दिल्ली के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा और नारायण हेत्थकेयर के कार्यकारी निदेशक देवी प्रसाद शेट्टी शामिल हैं राष्ट्रीय कार्य बल के सभी सदस्यों ने ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ इसके कृशल वितरण को सुनिश्चित करने में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की

अमृत वाहिनी चैट बॉक्स पर सैंतीस हजार से अधिक लोगों ने चैट के जरिये कोविड संबंधित चिकित्सीय परामर्श प्लाज्मा दान और आहार चाट से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की हैं अमृत वाहिनी वेब पोर्टल पर भी तेईस हजार से अधिक लोगों ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारियां प्राप्त की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों से आवश्यकता होने पर इस ऑनलाईन सुविधा का लाभ उठाने की अपील की

इस संबंध में जिला उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं सभी उपायुक्त जिले में क्षति का आंकलन कर एक सप्ताह के भीतर किसानों को मुआवजे की राशि जारी करेंगे कृषि विभाग और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग भी किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट बना रहा है

इन सभी वाहनों में माइनिंग चालान नहीं था और सभी बालू लदा हुआ ओवरलोड वाहनों का परिचालन हो रहा था धनबाद जिले के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान करने एवं अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है

पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींकपानी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रेलर पलट गया जिसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि साथ में पैदल चल रही उसकी पत्नी बाल बाल बच गयी इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा विशेष गाइडलाइन जिले को दी गई है सिविल सर्जन डॉ हिमांशु भूषण ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच संस्थागत प्रसव की सेवाओं में सावधानी बरतते हुए कार्य किया जाएगा